दो हजार पांच में अयोध्या राम जन्म भूमि परिसर में हये आतंकी हमला मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा एक आरोपी बरी केंद्र सरकार दिगामी बुखार को फैलने से रोकने और उस पर काबू पाने के लिए एक स्थायी बहुआयामी विशेषज्ञ दल का करेगी गठन सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने परामर्श जारी करके सभी निजी टीवी चैनलों से डांस कार्यक्रमों में छोटे बच्चों को उपयुक्त रूप से दिखाने को कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये प्रदेश सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा और सिद्वार्थनाथ सिंह ने संयुक्त रूप से संवाददाताओं को मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में शिक्षा विभाग के विभिन्न मुकदमों के जल्द निपटारे के लिए यूपी शिक्षा सेवा न्यायाधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी गई हैं उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां मेमोरियल वाइल्ड लाइफ पार्क जू की स्थापना को भी मंजूरी दी है एक सौ इक्कीस एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में फैले इस पार्क की लागत एक सौ इक्यासी करोड़ बयासी लाख रूपये होगी इसके साथ ही बैठक में उत्तर प्रदेश कियान मंडल का सत्र अट्ठारह जुलाई से शुरू करने के फैंसले को मंजूरी दी गयी इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जायेगा वर्ष दो हजार पांच में अध्योध्या के राम जन्मभूमि परिसर में हुए आतंकी हमला मामले में प्रयागराज में एक विशेष अदालत ने चार दोषियों इरफान आसिफ इकबाल शकील और मोहम्मद नसीम को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है वहीं अदालत ने एक आरोपी मोहम्मद अजीज को बरी कर दिया है इस मामले की सुनवाई प्रयागराज के नैनी सेन्ट्रल जेल में विशेष न्यायाधीश एससीएसटी दिनेश चन्द्र ने की और फैसला सुनाया इस मामले के पांच आरोपी पिछले काफी समय से नैनी सेन्ट्रल जेल में बंद हैं

सुरक्षाबलों की सतर्कता के चलते यह आतंकवादी अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो सके और पांचों को वही मार गिराया गया इस हमले में तो नागरिकों की भी मौत हुई थी वही आधा दर्जन से अधिक सुरक्षा कर्मी घायल हो गए थे सुरक्षा एजेंसियों ने इस मामले में इन पांचों को आतंकवादियों को हथियार और वाहन उपलब्ध कराने तथा षब्बंत्र रचने में सहयोग करने के लिए जूर्म में गिरफ्तार किया था

आकाशवाणी समाचार के लिए लखनऊ से मैं मुल्तान सिंह यादव इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में अदालत के फैसले का स्वागत किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना के एक अभियुक्त को अदालत द्वारा बरी किया गया है प्रदेश सरकार इस संदर्भ में विधिक परीक्षण कराकर आवश्यकतानुसार कार्रवाई करेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पन्द्रह अगस्त को बाईस करोड़ पौधरोपण के लक्ष्य को सफल बनाने के लिए समयबद्ध ढंग से तैयारी किये जाने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने लखनऊ में क्षारोपण अभियान के संबंध में समीक्षा बैठक में स्वतंत्रता दिवस के दिन बाईस करोड़ पौधरोपण के संबंध में व्यापक जनजागरूकता और जनसहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया उन्होंने कहा कि किसानों को प्राथमिकता के साथ इस अभियान से जोड़ा जाये श्री योगी ने पंचवटी नक्षत्र वाटिका और नवगृह वाटिका की भी स्थापना किये जाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा है कि पौधरोपण अभियान पर्यावरण और जलसंरक्षण के लिए आवश्यक है इस अभियान में किसी भी प्रकार की शिथिलता व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी केन्द्र सरकार दिमागी बुखार और जापानी इन्सेफेलाइटिस जैसी बीमारियों के प्रकोप को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत बहुआयामी विशेषज्ञ समूह गठित करेगा यह समूह इन बीमारियों के कारणों और उनकी रोकथाम के लिए दीर्घकालीन उपाय सुझायेगा इसमें राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र एम्स भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद विज्ञान और टैक्नोलॉजी मंत्रालय तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय के विशेषज्ञो को शामिल किया जाएगा कल नई दिल्ली में विशेषज्ञों के बहुविषयक समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर हर्ष वर्धन ने इस समूह के गठन का निर्देश दिया बैठक में बिहार के मुजफ्फरपुर में दिमागी बुखार से बड़ी संख्या में बच्चों की मौत के मुद्दे पर भी विचार किया गया स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि केन्द्र दिमागी बुखार जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए बिहार को हरसंभव सहायता दे रहा है दिमागी ब्खार एक ऐसी बीमारी है जिसे फैलने से रोका जा सकता है आकाशवाणी के साथ बातचीत में अखिल भारतीय आय्र्वेज्ञान संस्थान एम्स के न्यूरालोजी विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर एम वी पदमा श्रीवास्तव ने बताया कि इस बीमारी के लक्षण बुखार सिर दर्द मिर्गी का दौरा और झपकी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए तथा रोगी को तुरंत डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने परामर्श जारी करके सभी निजी टी वी चैनलों से डांस कार्यक्रमों में छोटे बच्चों को उपयुक्त रूप से दिखाने को कहा है मंत्रालय के परामर्श में कहा गया है कि देखने में आया है कि कई डांस कार्यक्रमों में छोटे बच्चे ऐसी मुद्राएं करते हैं जो उनकी आय को देखते हुए उचित नहीं होतीं फिल्मों और अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों में वयस्क कलाकार ऐसा करते हैं ऐसी मुद्राओं से गलत संकेत भी जाते हैं और इनसे बच्चों पर तनाव भी बनता है मंत्रालय के अनुसार समी टी यी चैनलों से उम्मीद की जाती है कि वे केबल टेलीविजन नेटवर्क्स नियमन कानून के तहत कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं में निर्धारित प्रावधानों का पालन करें इन नियमों के अनुसार ऐसा कोई कार्यक्रम टी वी पर नहीं दिखाया जा सकता जिसमें बच्चों को अशोभनीय ढंग से पेश किया जाये प्रदेश भर में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजुर पुलिस विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है जो सत्रह से बाइस जून तक चलेगा इस अभियान के तहत लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के साथ ही हेलमेट लगाने और सीट बेल्ट बांघने के लिए प्रेरित किया जा रहा है प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वतंत्र देव सिंह ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के दूसरे दिन कल लखनऊ के दस नबे चौराहे पर परिवहन विभाग द्वारा हेलमेट वितरण कार्यक्रम में बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किये उन्होंने लोगों से जीवन रक्षा के लिए सड़का सुरक्षा उपायों को अपनाने की अपील की लखनऊ सहित प्रदेश के समी जिलों में नो हेलमेट नो एन्ट्री अभियान के तहत शहर के प्रत्येक चौराहों पर पुलिस द्वारा चैकिंग की जा रही है और हेलमेट न पहनने वाले वाहन चालकों का चालान काटा जा रहा है प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर इस अभियान में जनसहमागिता बढ़ाने पर जोर दिया गया है प्रदेश में पांचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाए जाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है मुख्य समारोह राजभवन में आयोजित होगा जिसमें राज्यपाल राम नाईक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई कैंबिनेट मंत्री हिस्सा लेंगे एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से प्रदेश भर में आजकल बड़ी संख्या में लोगों की सुबह योग मुद्राओ और विभिन्न असानों के अभ्यास के साथ शुरू हो रही है समाज के हर तबके के लोग पुलिसकर्मी डॉक्टर शिक्षक सरकारी कर्मचारी और युवा शामिल हैं विभिन्न पार्को और स्कूलों के कैम्पस में आयोजित किए जा रहे योग प्रशिक्षण शिविर्त्तो में अभ्यास करते नजर आ रहे हैं ताकि वो शुक्रवार को होने वाले पांचवे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकें प्रदेश भर में योग पखवारा मनाया जा रहा है जो पन्द्रह जून से युरू हुआ था और इस महीने की तीस तारीख तक चलेगा राज्य सरकार पहले ही योग पर आधारित एक ऐप जारी कर चुकी है जिसका नाम है योग प्रदेश उत्तर प्रदेश और इससे सरकार की और से योग को प्रोत्साहित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की पूरी जानकारी मिल सकेगी सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश राणा स्थानीय सांसद और अन्य नेतागण के साथ आम जनता ने शहीद मेजर को नम ऑखों से अंतिम विदाई दी इससे पहले नई दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और सेना के अधिकारियों ने शहीद को श्रद्वांजलि अर्पित की प्रदेश सरकार ने मेजर केतन शर्मा के परिजनों को पच्चीस लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है इसके साथ ही सरकार ने शहीद के परिवार के एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने और मेजर केतन शर्मा की स्मृति में मेरठ की एक सड़क का नाम रखने की भी घोषणा की है